प्रदेश में धार्मिक यात्रा के सम्चित संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम प्रबन्धन बोर्ड की पहली बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया बैठक में चारधाम यात्रा के बेहतर संचालन सहित कई अन्य अहम मुददों पर चर्चा की गई बैठक के बारे में जानकारी देते हए धार्मिक एंव पर्यटन मामलों के मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थाम प्रबन्धन बोर्ड में सबके हक हकुकों का ध्यान रखा जायेगा बोर्ड के लिए अपर म्ख्य कार्यकारी अधिकारी की निय्क्ति की जायेगी और वित नियंत्रक का एक पद सृजित किया जायेगा

आज देहरादून में तीन और उधमसिंह नगर जिले में दो लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है इनमें देहरादून में एक सात वर्षीय संक्रमित बच्चा भी है जो थैलीसीमिया से भी पीड़ित है अन्य सभी चार मरीज प्रवासी हैं और सभी हाल ही में नई दिल्ली और महाराष्ट्र से वापस आये हैं आयुष रक्षा किट म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आयुष मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने कल आयुष रक्षा किट के वितरण कार्यक्रम का श्भारंभ किया प्रथम चरण में आय्ष रक्षा किट का वितरण सचिवालय राजभवन विधानसभा के अतिरिक्त आयर्वेदिक चिकित्सालयों के माध्यम से राज्य के ऑरेंज जोन के जिलों में किया जाएगा आयष किट का निर्माण ऋषिकल फार्मेसी हरिदवार दवारा किया जा रहा है

रेलवे बकिंग अगले महीने से श्रू हो रही ट्रेनों में आरक्षण के लिए देहरादून समेत राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रेल आरक्षण काउंटर्स पर बुकिंग शुरू हो गई है हमारे संवाददाता ने बताया कि देहरादून रेलवे स्टेशन पर बने आरक्षण केंद्र पर कैश और डिजिटल पेमेंट के लिए अलग अलग काउंटर बनाये गए हैं इस बीच रेल मंत्रालय ने उपभोक्ताओं से कहा है कि वे आरक्षण के लिए दलालों से बचे और ऑनलाइन या काउंटर पर जाकर आरक्षण करा सकते हैं दलालों से कराए गए आरक्षण गैरकानूनी है

सांसद अजय भट्ट ने नेपाल दवारा भारतीय क्षेत्र को अपने मानचित्र में दर्शाने की घटना को द्खद बताया है उन्होंने कहा कि भारत विस्तारवादी नीति की जगह वसुधैव क्ट्ंबकम की नीति पर चलता है भारत की नीति ऐसी नहीं है की दूसरे देश की भूमि पर निर्माण कार्य करें

उन्होंने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए क्वारंटीन किये गए लोगों पर नजर रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के बारे में प्रशासन को सूचित करने को कहा इस बीच देहरादन में देवभूमि मानव संसाधन विकास ट्रस्ट की ओर से देहरादून में जरूरतमंदों को राशन किट वितरित किया गया

उधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से भी शहर में राशन किट आदि का वितरण किया जा रहा है इसके अलावा सामाजिक संस्थाएं भी लोगों की मदद में भागीदारी कर रही है कोरोना पॉजिटिव बागेश्वर जिले में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या छह पहंच गई है अब स्वास्थ्य विभाग सभी संस्थागत और होम क्वारंटीन लोगों की सैंपलिंग लेगा बृहस्पतिवार को जिले के चार और लोगों में कोरोना वायरस संक्रमित होने की पृष्टि हई थी मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि इनमें से दो लोग दिल्ली और एक गाजियाबाद से आया था उन्होंने बताया कि संक्रमित पाए गए चारों लोगों को हल्दवानी सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के लिए भैज दिया गया है

आपको बता दें कि चार मई से जिले में छह हजार से अधिक प्रवासी बाहरी राज्यों से आ चुके हैं इनमें अधिकतर होम क्वारंटीन हैं

मास्क अनिवार्य नैनीताल नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा है कि केंद्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार मास्क पहनना अनिवार्य है जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके ऊपर आर्थिक दण्ड के साथ ही एक साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है लॉकडाउन के चौथे चरण में विभिन्न सुविधाएं क्छ शर्तों के साथ बहाल की गई हैं बावजूद इसके जिले के अधिकांश लोग ना तो मास्क पहन रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं